राज्यपाल ने आज उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और पदमश्री सुभाष पालेकर के साथ नौणी विश्वविद्यालय में संपन्न हुए प्राकृतिक कृषि शिविर में भाग लिया

इस शिविर में करीब एक हजार किसानों व बागवानों ने भाग लिया और सुभाष पालेकर का ये प्रदेश में चौथा शिविर है उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड में भी प्राकृतिक कृषि लागू की जाएगी नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ऐसे मॉडल गांव विकसित करने पर बल दिया जहां पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृषि की जाती है उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती को बंद करने का आहवान भी किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर की मौजूदगी में आज शिमला में राज्य सरकार और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों में संचार सेवाएं सुदृढ़ करने की केंद्र से मांग की है लोकसभा में आज शून्य काल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने लाहौल स्पिति किन्नौर और पांगी में संचार सेवाए सुदृढ़ करने को कहा

रामस्वरूप शर्मा ने उत्तर पूर्वी सीमांत राज्यों की तर्ज पर हिमाचल के इन जिलों के लिए भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विशेष धन आबंटित करने की मांग की हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने झंझीड़ी बस हादसे का संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय समिति गठित की है और उसे दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन और न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय सड़क कांग्रेस के परिषद सदस्य जसवंत सिंह राज्य परिवहन निगम के सेवानिवृत महाप्रबंधक राजीव ग्रप्ता और लोक निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता सतीश सागर समिति के सदस्य होंगे ये कमेटी बस हादसों को रोकने के लिए जनता से सुझाव लेगी जे एंड के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्ट्रडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर जम्मू कश्मीर के छात्रों का एक दल हिमाचल के दौरे पर हैं इन विद्यार्थियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण से जहां राष्ट्रीय एकता और भाई चारे को बल मिलता है वहीं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है उन्होंने कहा कि हिमाचल व जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं और दोनों राज्यों के लोग मेहनती हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार भी स्ट्डेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्रदेश के छात्रों को कश्मीर भेजने पर विचार करेगी माकपा माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता जताई है

पार्टी नेता संजय चौहान ने कहा कि बंजार बस हादसे की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि हादसे का मुख्य कारण सड़क की दशा और बस की खस्ताहालत थी उन्होंने कहा कि राज्य में आज भी सैंकड़ों ऐसी खटारा बसे चल रही हैं जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हैं माकपा ने सरकार से सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है मॉनसून प्रदेश के अनेक भागों में आज मॉनसून ने दस्तक दे दी है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में आज दोपहर बाद जमकर वर्षा हुई